इनमें कहा गया है कि प्रदेश में अन्य राज्यों से हवाई मार्ग दवारा यात्रा करने वाले यात्रियों दवारा संबंधित एयरपोर्ट के अराइवल तथा डिपार्चर क्षेत्र में ही चिकित्सकीय जांच एवं स्व घोषणा पत्र प्रस्त्त करना होगा और निर्धारित स्वास्थ्य काउंटर पर चिकित्सकीय परीक्षण कराना अनिवार्य होगा

इन समस्त यात्रियों की सघन निगरानी के लिये उनके मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऍप इंस्टॉल कराया जाए जिससे मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके

इन यात्रियों में प्रदेश के विभिन्न जिलों के यात्रियों के अलावा अन्य राज्यों के लोग भी शामिल हैं

सभी यात्रियों को अपने जिला म्ख्यालय तक पहंचने की परिवहन व्यवस्था की गयी है

उन्होंने सभी को सेनेटाइजर व आय्र्वेदिक दवायें भी प्रदान की

उसे तत्काल कल ही यहां मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया इसके साथ ही गांव को केंटोनमेंट क्षेत्र घोषित कर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है विदिशा जिले में कोरोना संक्रमण के सात नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन और अधिक सतर्क हो गया है ऐहतियात के तौर पर आज प्रभावित क्षेत्र में बाजार फिर से बंद कराए गए हैं रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के खंडवा में स्थित थाने में कार्यरत उप निरीक्षक रमापति पांडे का आज इंदौर में इलाज के दौरान निधन हो गया

शिवपूरी जिले में कल सोमवार से हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर की द्वकानें खोली जा सकेंगी

अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है इसमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो सकारात्मक हैं और समाज को दिशा देने में सहायक हैं

होशंगाबाद गेंह होशंगाबाद जिले के कृषि अन्संधान केंद्र पवारखेड़ा की तीन नई किस्मों ने नर्मदाप्रम संभाग के किसानों की झोली गेहं की भरपूर उपज से भर दी है

मंडल के इंदौर आंचलिक कार्यालय के संभागीय अधिकारी देवेन्द्र सोनवानी ने बताया कि इस श्रेणी के अनेक विद्यार्थी लॉकडाउन के चलते अपने परीक्षा वाले जिले से अन्य जिले में चले गए हैं ऐसे परीक्षार्थियों की स्विधा के लिए वर्तमान में वे जिस जिले में वे निवासरत हैं वहीं से परीक्षा की सुविधा देने का निर्णय लिया है

राज्य में लाक डाउन के कारण बाज़ारों में परंपरागत रौनक तो नहीं है लेकिन लोग अपने अपने घरों में नमाज़ के साथ साथ ईद की तैयारियों में भी ज्टे हैं दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद ब्खारी ने कहा है कि समूची मानव जाति इस समय कोरोना वायरस की च्नौती से जूझ रही है और लोगों को इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करना चाहिए उन्होंने सभी म्सलमानों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए वे केवल अपने घर पर ही नमाज़ अदा करें